दागी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया से अलग रखने को कहा गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में भी सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा श्री कुमार ने आज पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि संसद से पारित होने के बाद यह कानून बन गया है

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चूनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर एक ही स्थान पर तीन साल से पदस्थापित प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करने के निर्देश दिये हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा कि दागी पदाधिकारियों को भी चुनावी प्रक्रिया से अलग रखने को कहा गया है गौरतलब है कि हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का एक दल बिहार दौरे पर आया था जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी यूवा प्रवासी भारतीय दिवस आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों विशेष रूप से द्रनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें देश आजकल असीमित अवसर प्रदान करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है उन्होंने कहा कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस अपने आप में बहुत अनोखा है विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में प्रवासी भारतीय सांसद हैं और कई प्रवासी बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं ये लोग भारत के कारोबार और निवेश संबंधी वातावरण में परिवर्तन ला सकते हैं पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने आज इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है समस्तीपूर और कटिहार जिले में कथित तौर पर खसरा और रूबेला का टीका लगाने के बाद सैंतीस स्कूली बच्चे बीमार हो गए बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र के धधोली में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगने के बाद बत्तीस बच्चे बेहोश हो गये बच्चों को फलका के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया केन्द्र के प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं उन्होंने कहा कि चार बच्चों का इलाज चल रहा है और अठाईस बच्चों को छुट्टी दे दी गयी है वहीं समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड स्थित सुखपुर कुसैया स्कूल में टीका लगाने के बाद पांच बच्चे बीमार हो गए बाद में इलाज के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गयी पटना पुलिस लाईन में पिछले दिनों हुए हंगामा प्रकरण में तेईस पुलिसकर्मियों पर मामला चलेगा तेईस पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई जल्द शुरू की जायेगी इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी जांच में तेईस पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था प्रदेश के आठ केन्द्रीय और मंडल कारागारों के अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है राधेश्याम सुमन को जहानाबाद का जेल अधीक्षक बनाया गया है वहीं महेश रजक नवादा सत्येन्द्र कुमार अररिया और जितेन्द्र कुमार पूर्णिया केन्द्रीय जेल के अधीक्षक बनाये गये हैं राज्य में बाहर से आने वाली मछली की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध को लेकर आंध्र प्रदेश को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आंध्र प्रदेश सरकार ने सफाई दी है कि उनके राज्य में मछलियों की जांच में फार्मलिन रसायन के कोई तत्व नहीं मिले हैं पत्र में सलाह दी गयी है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर जांच टीम गठित कर किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकती है राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बीरेन्द्र कुशवाहा आज जदयू में शामिल हो गये जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले चार दिनों तक बादल छाये रहने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार चौबीस जनवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है पश्चिम चंपारण सीवान सारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर वैशाली और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर अगले चार दिनों के दौरान ब्रंदाबांदी होने की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है मौसम में इस बदलाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है भागलपुर जिले का सबौर आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की यह बावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि पकड़ी गयी महिला पर आरोप है कि उसने शव को ठिकाने लगाया था उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जायेगा बेगूसराय जिले में पूलिस बैरक में की गयी छापेमारी में एक कार्टन शराब के साथ होमगार्ड के तीन और सैप के दो जवानों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार जवान पुलिस बैरक से शराब की बिक्री करते थे इस संबंध में गुप्त सुचना मिलने पर कार्रवाई की गयी इधर कटिहार जिले में प्रलिस ने नगर थाना के फसिया टोली इलाके में एक ट्रैक्टर को जब्त कर उस पर लदी लगभग दो लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है पुलिस की छापेमारी की भनक पाकर ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से फरार हो गया गोपालगंज जिले के बैकुंडपुर प्रखंड के टेरूआ गांव में महान संत लक्ष्मी सखी की समाधि पर लगने वाला मेला आज से शुरू हो गया है मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता मंजीत कुमार सिंह ने किया लक्ष्मी सखी अमर फरास अमर कहानी अमर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता भी थे मेले में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं कटिहार जिले में अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसा गांव में एक निजी फाईनेंस कंपनी से लगभग चार लाख रूपये लूट लिये कर्मचारी बैंक में रूपये जमा कराने जा रहा था तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरोखर गांव के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से एक लाख रूपये मुल्य के आभूषण लूट लिये अररिया जिले के भरगामा प्रखंड में आवास सहायक प्रखंड विकास पदाधिकारी और बिचौलियों द्वारा आवास योजना में लाभार्थियों की राशि गबन का मामला सामने आया है

दागी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया से अलग रखने को कहा गया